वित्तमंत्री ने सदन को बताया कि इस विधेयक में विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सात कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है उन्होंने यह भी कहा कि स्टार्टअप्स और वित्तीय कंपनियों को बढ़ावा देने और रिटर्न दाखिल का और प्रभावी बनाने के लिए प्रत्यक्ष करों से जुड़े सात कानूनों में संशोधन करने का सुझाव है वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि सीमा शुल्क माल और सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में सुधार के लिए अप्रत्यक्ष करों से जुड़े सात कानूनों में भी संशोधन का प्रस्ताव है

उन्होंने कहा कि निर्यात भी कम हो रहे हैं उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता प्रक्रिया को इकतीस जुलाई तक जारी रखने पर सहमति व्यक्त करते हुए मध्यस्थता समिति से एक अगस्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में मध्यस्थता रिपोर्ट पर दो अगस्त को सुनवाई करेगा समिति के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला ने उच्चतम न्यायालय में प्रगति रिपोर्ट सोंपी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अयोध्या मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट को गोपनीय रखा जायेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले सप्ताह मध्यस्थता समिति से प्रगति की रिपोर्ट अट्ठारह जुलाई तक न्यायालय में पेश करने को कहा था न्यायालय ने यह आदेश प्रमुख याचिकाकर्ताओं में से एक र्गोपाल सिंह विषारद की अपील पर दिया है उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि इस मुद्दे पर मध्यस्थता प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं हो रही है राज्यसभा की कार्यवाही आज शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सोनभद्र में भूमि विवाद के दौरान लोगों के मारे जाने के मुद्दे पर शोर शराबा किया

हंगामा जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी आयकर विभाग ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के भाई आनंद कुमार और उसकी पत्नी के नोएडा स्थित चार सौ करोड़ रूपये के एक बेनामी भूखण्ड को जब्त कर लिया है दिल्ली स्थित आयकर विभाग की बेनामी सम्पत्तिरोधी इकाई के आदेश के अनुसार आनंद कुमार और उसकी पत्नी विचित्रलता का सात एकड़ क्षेत्रफल वाला भूखण्ड जब्त किया गया मायावती ने हाल ही में आनंद कुमार को बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया था प्रदेश विधानमण्डल के मॉनसून सत्र में पहले दिन कोई कामकाज नहीं हुआ और कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई विधान परिषद में कानून और व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा किया विधानसभा में दिवंगत नेताओं को श्रद्वांजलि अर्पित करने के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई भारतीय कृषि में क्रांतिकारी बदलाव के विषय पर मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में सम्पन्न हुई समिति के संयोजक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फणनवीस के अलावा हरियाणा अरूणाचल प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय कृषि ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बैठक में हिस्सा लिया बैठक में कृषि में नवीन परिवर्तनों किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में समयबद्ध ढंग से सुधारों के क्रियान्वयन पर चर्चा हई समिति दो महीने में रिपोर्ट देगी

रिसाव के कारण का पता चल गया है और खामियों को द्रर किया जा रहा है

इस समयावधि तक प्रक्षेपण न होने की स्थिति में ये अवधि फिर सितंबर में उपलब्ध होगी इसलिए इसरो ने मौजूदा अवधि में ही प्रक्षेपण का फैसला किया है

चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा